कोविड महामारी से देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें पीएम सीएम मीट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस के दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित और ठोस काम करने की जरूरत है

उन्होंने पिछले एक वर्ष से जारी टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट जांच संपर्क और उपचार के बारे में समान रूप से गंभीर होने पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान केन्द्रित करें वैक्सीनेशन समीक्षा कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हई बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी प्रतिभाग किया बैठक के बाद सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाय और कोविड टीकाकरण अभियान मिशन मोड पर चलाया जाय उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जाएंगे उन्होंने लोगों को दो गज द्री मास्क की अनिवार्यता और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया

इससे पहले मंगलवार को हई बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक वैक्सीनेशन कार्यक्रम करने और इसके व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने की जरूरत बताई उन्होंने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को न्याय पंचायत स्तर तक संचालित करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जिलों को प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य करना होगा अभियंता निलंबित मुख्यमंत्री ने घटिया सड़क निर्माण मामले में लोक निर्माण विभाग के दो अभियन्ताओं को निलम्बित करने के निर्देश दिये हैं विभाग के प्रमुख सचिव ने दोनों अभियन्ताओं को निलम्बित करने के आदेश निर्गत किये हैं मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच भी बैठा दी है मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने अधिकारियों को सल्ट विधानसभा के उप चुनाव शान्तिपूर्ण और त्र्टिरहित निर्वाचन सम्पन्न कराने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि आयोग के कार्यक्रम जारी करते ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का सभी राजनैतिक दलों और अधिकारियों से अन्पालन कराना सुनिश्चित किया जाए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी विभिन्न टीमों के गठन करने के निर्देश को दिये जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि उप निर्वाचन के लिए भिकियासैंण तहसील में नामांकंन का कार्य किया जायेगा उन्होंने बताया कि जल्दी ही निर्वाचन में लगे कार्मिकों पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया जायेगा

जबकि म्ख्यमंत्री ने वित ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ही रखे हैं नए कैबिनेट मंत्री के रुप में बंशीधर भगत को विधायी एवं संसदीय कार्य खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शहरी विकास आवास सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है बिशन सिंह चुफाल को पेयजल वर्षा जल संरक्षण ग्रामीण निर्माण एवं जनगणना विभाग दिया गया है गणेश जोशी को सैनिक कल्याण औद्योगिक विकास लघ् सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग एवं खादी व ग्रामोद्योग दिया गया है वहीं तीन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी विभाग का आवंटन किया गया है जिनमें स्वामी यतीश्वरानंद को भाषा प्नर्गठन गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग का दायित्व दिया गया है शेष मंत्रियों के कार्यभार को लगभग यथावत रखा गया है

पिछले वर्ष यात्रा कोविड के कारण बाधित रही थी पुर्णागिरी मेला चम्पावत जिले की मां पूर्णागिरि मेले में इस बार दिव्यांगों ब्जूर्गो और बच्चों के लिए वैष्णो देवी की तर्ज पर डोली और डोके की सुविधा मिलेगी इसके लिए मेला प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है

इस कारण कई लोग माता के दर्शन किए बिना रास्ते से लौट जाते थे इसको देखते हुए मेला मजिस्ट्रेट और टनकप्र के एसडीएम हिमांश् कफल्टिया ने भैरव मंदिर से मुख्य मंदिर तक डोली और डोके का सुझाव दिया

इसके लिए वह गांव के ही य्वाओं का सहयोग लेंगे बहगणा पण्यतिथि म्ख्यमंत्री ने हिमालय प्त्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बह्ग्णा को उनकी प्ण्यतिथि पर भावभीनी श्रदधांजलि अर्पित की उन्होंने देहरादन में बहग्णाजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया उन्होंने कहा स्वर्गीय हेमवती नंदन बहग्णा अपने नैतिक मुल्यों सिद्धांतों और आदर्शो पर हमेशा अडिग रहे उन्हें अपनी संस्कृति बोली और भाषा से बेहद प्यार और लगाव था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय बहग्णा को श्रद्धांजलि दी

इसको लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक हई जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आर पी खण्ड्री ने बताया कि मिशन इंद्रधन्ष कार्यक्रम के तहत चम्पावत जिले में दो चरणों मे टीकाकरण किया जा रहा है

दुसरे चरण में उन बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा जो पहले चरण में छूट गए थे अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष उतराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ आरके जैन ने टिहरी जिला मुख्यालय में संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की शिकायतों को गंभीरता से लेते हए उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी किशन चौहान ने अल्पसंख्यकों के लिए संचालित राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं की जानकारी दी अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग ने बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और स्रक्षा सुनिश्चित कराने का दायित्व आयोग का है

इनमें विधायक खजान दास आदेश चौहान और चंद्रा पंत शामिल हैं